कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि हमें अपने पुराने अनुभवनों का लाभ लेते हुए कोरोना की दूसरी लहर को शीघ्र नियंत्रित करना होगा ताकि इसका फैलाव न हो सकें

उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार द्वारा मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्कृष्ट कार्य किया गया है मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये प्रदेश के सभी जिलों का लगातार दौरा किया सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति से निपटने को लिये सभी को अपनी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी होगी उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वायरस चिंताजनक है जो तेजी से संक्रमण फैला रहा है लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिये विशेष सावधानी बरतनी होगी और काविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस नये रूप से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं

कांग्रेस व बसपा के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पार्टियां कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार के सभी निर्णयों के साथ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने रात्रिकालीन कर्फ्यू को कड़ाई से लागू करवाने तथा मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिये अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने नवरात्रि और रमजान पर्व पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भी कहा है उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये धार्मिक स्थलों पर पांच से अधिक लोग एक समय में न जाये

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली थी इस बार भी हम सफल होंगे

उन्होंने सभी जनपदों में टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देते हुए कहा कि हमें लोगों का जीवन भी बचाना है और उनकी अजीविका भी मुख्यमंत्री ने कोरोना फ्रंट लाइन वर्कस को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि फ्रंड लाइन वर्कस मास्क और ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करे मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाये और रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर लोगों की प्रभावी ढंग से स्क्रीनिंग की जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये बड़ी संख्या में टेस्टिंग और टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है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

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार आज दोपहर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया

योगेश प्रवीण के निधन से साहित्य जगत में मायूसी छा गई है हिन्दी अंग्रेजी उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं में महारत योगेश प्रवीण लखनऊ की पहचान माने जाते थे उन्होंने करीब दो दर्जन से ज्यादा किताबे लिखी जिसमें दास्तान ए आवाज साहिबे आलम कंगन के कटार दस्ताने लखनऊ बहारे अवध जैसी किताबें आज भी लखनऊ की पहचान है

लखनऊ को योगेश प्रवीण ने जिस नजर से देखा वैसे किसी ने नहीं उनके साधारण व्यक्तित्व में असाधारण लखनऊ झलकता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि योगेश प्रवीण को अवध विशेष रूप से लखनऊ के इतिहास और संस्कृति की गहन जानकारी थी अपनी प्रस्तकों और लेखन के माध्यम से उन्होंने जनता को इससे अवगत कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था

हरिद्वार में इस अवसर पर कुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान चल रहा है जहां देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किये हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं की जांच के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है उधर प्रदेश के हापुड़ जिले में गंगा नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर पित्तरों की शांति के लिये विधि विधान से पूजा अर्चना की माँ भगवती के नौ स्वरूपों की आराधना का महापर्व कल से शुरू हो रहा है घरों और मंदिरों में कलश स्थापना के लिये माँ का दरबार सजाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में खास प्रबंध किये गये हैं

मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल में कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं के लिये मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है

श्रद्धालु को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अपना आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य है मन्दिर के गर्भगृह में एक बार में अधिकतम पाँच लोग ही प्रवेश कर सकेंगे बिना मास्क लगाए कोई भी दर्शनार्थी मन्दिर में प्रवेश नही कर पायेगा

लखनऊ में दुबग्गा से चौक चौराहे तक की सड़क का नाम अब लालजी टंडन मार्ग तथा चौक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौक चौराहा के नाम से जाना जायेगा पूर्व मंत्री तथा बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की जयन्ती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्वाजंलि देते हुए चौक स्टेडियम स्थित नवनिर्मित लालजी टंडन बहुउद्देश्यीय हाल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण तथा उनके नाम से एक सड़क और चौराहे का नामकरण भी किया